शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य सुचना आयुक्त नरेन्द्र चौहान पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी रेरा के अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी और अन्य गणमान्य लोगों ने भी राजमवन जाकर राज्यपाल को नववर्ष की श्भकामनाएं दी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर पहुंचकर उन्हें नववर्ष की बधाई दी आरट्रेक शिमला ने नववर्ष के मौके पर विशेष सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता आर्मी कमांडर लैफिटनेंट जनरल पीसी थिम्मैया ने की उन्होंने सभी सैनिक व सिविलियन पदों पर तैनात स्टाफ द्वारा गत वर्ष किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें नववर्ष की श्रभकामनाएं दी उन्होंने प्रशिक्षण के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका के लिए भी अधिकारियों की पीठ थपथपाई इस बीच सोलन जिला के कण्डाघाट रेलवे स्टेशन पर नेहरू युवा केंद्र ने पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया इस दौरान जहां पर्यटकों को तिलक लगाकर और भिट्ठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया वहीं स्वच्छता का भी संदेश दिया इस दौरान रेलवे स्टेशन पर हिमाचली नाटी का भी आयोजन किया गया जिसमें पर्यटक भी खूब झूमे विघानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सात जनवरी को शिमला में होगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से स्वीकृति मिलने के बादे प्रदेश विधानसभा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्होंने कहा कि विधानसभा का ये एक दिवसीय विशेष सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा बिंदल नाहन विधानसभा क्षेत्र में आगामी पांच सालों में नींबू के पांच लाख पौधे रोपित किए जाएंगे ताकि लोगों की आर्थिकी में सुधार हो सके ये बात विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में जिला अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हई कही बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र की जलवायु नींब् प्रजाति के अनुकूल है उन्होंने अधिकारियों को नींबू के उन्नत किस्म के पौधे किसानों को उपलब्ध करवाने को कहा

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रही है इसके लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में आध्रनिक सुविधाएं जुटाई जा रही है तांकि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अच्छी व गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो सके वीरेन्द्र कवर आज उना में हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे

कवर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नए शिक्षण संस्थान खोलने के बजाए मौजूदा संस्थानों को सुदृढ़ करने की है उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले मेघावी छात्रों को कोविंग सुविधा प्रदान करने के लिए उना सुपर फिफ्टी कार्यकम की शुरूआत की गई है मौसम प्रदेश वासियों को अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम के कड़े तेवरों का सामना करना पड़ सकता है मौसम विभाग से जारी ताजा पूर्वानुमानों में कहा गया है कि दो और तीन जनवरी को राज्य के मध्यम तथा अधिक उंचाई वाले ज्यादातर स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होगी इस दौरान राज्य के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संमावना हैं प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी का ये सिलसिला सात जनवरी तक जारी रहने की उम्मीद है

इस बीच आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और दिन भर ठंडी हवाए चलती रही जिससे अधिकतम तापमान में जोरदार गिरावट आई है